इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजगढ जिले के लोगों से संवाद किया

इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपल्या क्ल्मी गांव में सरपंच प्रतिनिधि से स्वच्छता अभियान और गौबर गैस प्लांट के फायदों के बारे में बात की इस दौरान प्रधानमंत्री को बताया गया कि गौशाला में गोबर गैस संयंत्र लग जाने से गांव की तस्वीर बदलने लगी है इससे रसोई गैस मिलेगी वहीं गांव में साफ सफाई भी रहेगी इस पर पीएम मोदी ने ग्रामीणों के साथ ही जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जन धन गोवर्धन और वन धन से गांवों का विकास होगा पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी के सहयोग से ग्रामीण विकास पर ध्यान दे रहे हैं आप सभी के सहयोग से स्वच्छता रहेगी साफ सफाई से जनजागरण करना ठीक है लेकिन कचरा को निपटाने सबसे बड़ी समस्या है अब इसके लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं

श्री चौहान ने राजधानी भोपाल के रामानंद कॉलोनी में सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाना स्वस्थ भोपाल बनाने की शुरुआत करना है स्वच्छता में इंदौर पहले नंबर पर है और भोपाल दुसरे नंबर पर यह जनता के सहयोग से ही संभव हआ है

श्रीमती पटेल ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस अभियान के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और इसे एक सफल मिशन बनाने के लिए एकजुट होकर पूरा करने की कोशिश करे

मुख्यमंत्री ने कल नरसिंहपुर जिले में जन आषीर्वाद यात्रा के दौरान जनसभाओं को संबोधित किया श्री चौहान ने कहा कि खेती प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है राज्य सरकार हर स्तर पर किसानों की समुद्धि सुनिश्चित कर रही है

विधानसभा सचिवालय द्वारा कल जारी विज्ञप्ति के अनुसार कनाडा के आन्तरियो प्रान्त की विधानसभा के आतिथ्य में आयोजित सम्मेलन में श्री सिंह ने मध्यप्रदेश विधानमंडल का प्रतिनिधित्व किया

इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन और गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिये भोपाल या जबलपुर तक का सफर नही करना पड़ेगा श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर को प्रनर्जीवित करने का काम किया है जो पांच वर्ष पूर्व बंद होने के कगार पर आ गये थे कार्यक्रम में सांसद लक्ष्मीनारायण यादव भी मौजूद थे

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

फेसीलिटेटर द्वारा ग्राम पंचायत का मिशन अंत्योदय के अंतर्गत सर्वे का कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा

इससे स्थान का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा

कल भोपाल के प्रषासन अकादमी में राजनैतिक दलों की राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुये श्री कांता राव ने कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिये राजनैतिक दलों के साथ समन्वय आवश्यक है श्री कान्ता राव ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज को चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा जारी किये गये और बेनाम जारी किये गये विज्ञापनों तथा समाचार को भी संज्ञान में लेकर उन पर कार्यवाही की जाएगी

कार्यशाला का उद्देश्य राजनैतिक दलों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना हैं

कल खेले गये फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने मध्यप्रदेश महिला हॉकी अकादमी को एक शून्य से हरा दिया

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे आना चाहिये तभी देश का संपूर्ण विकास संभव है

ये पुलिसकर्मी बंगले पर तैनाती के दौरान ताश के पत्ते खेल रहे थे वहीं विशेष सशस्त्र बल एसएएफ के चार जवानों को निलंबित करने के लिए पत्र लिखा गया है पुलिस अधीक्षक ए जयदेवन ने पुलिसकर्मयिों के निलंबन का आदेष जारी किया

स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिण हिस्से में कल छुटपुट वर्षा हो सकती है

राजधानी भोपाल में पिछले कई दिन से बारिश नहीं होने के कारण उमस और तपिश भरी गर्मी का अहसास हो रहा है

झाबुआ जिले में एक नशामुक्त ग्राम पंचायत को एक लाख रूपये पुरस्कार दिया जायेगा